इस विधेयक में अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताडना के कारण भारत आए हिन्दू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है

शाह ने कहा कि यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव वाला नहीं है और तीन देशों के अंदर प्रताडित अल्पसंख्यकों के लिए है जो घूसपैठिये नहीं शरणार्थी हैं उन्होंने यह भी कहा कि देश में किसी शरणार्थी नीति की जरुरत नहीं है

मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ सदस्यों के संशोधन को खारिज करते हुए नागरिकता संशोधन विघेयक को मंजुरी दे दी

विपक्ष के कुछ संशोधनों पर मत विभाजन भी हुआ और उन्हें सदन ने अस्वीकृत कर दिया

उन्होंने टवीट कर कहा कि प्रस्तावित कानून भारत की समावेश करने मानवीय मुल्यों में भरोसे की सदियों पुरानी प्रकृति के अनुरुप है गृहमंत्री अमित शाह ने भी विधेयक पारित होने के बाद टवीट कर कहा कि यह विधेयक प्रताडना का सामना करने वालों को अपना जीवन फिर से संवारने का अवसर देगा शाह ने विधेयक को वास्तविकता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया

उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने इस अवसर पर देशवासियों से उनके अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की अपील की है श्रीनायडू ने टवीट कर कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर परअपने संदेश में कहा कि मानवाधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है आजादी समानता और न्याय जैसे मुलभुत अधिकारों के बिना मानव तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती श्री गहलोत ने अपील की कि सभी लोग एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें और एक शांतिपूर्ण तथा सभ्य समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं प्रदेश में इस मौके पर मानव अधिकार जागरुकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे